प्रसार भारती ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन के साथ समझौता किया है बिहार विधानासभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर हजारीबाग और रामगढ़ में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान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

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में पच्चीस हजार आठ सौ तेरह कोरोना के सेंपल की जांच की गयी जिसमें सिर्फ चार सौ नब्बे संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी होने लगी है पिछले सात दिनों के दौरान इसकी वृद्धि दर शून्य दशमलव दो छह प्रतिशत दर्ज की गयी वहीं मृत्यु दर शून्य दशमलव आठ छह प्रतिशत है कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर चौरानबे दशमलव दो पांच प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटो के दौरान राज्य के पंद्रह जिलों में कोरोना के दस से कम मामलों की पुष्टि हुई वहीं पाकुड़ में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले इधर रांची में दो पूर्वी सिंहभूम दो और पश्चिमी सिंहभूम में एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है

स्वस्थ हुए व्यक्तियों में चार मांडू चार पतरातू और दो रामगढ़ प्रखंड से हैं इधर जमशेदपुर के सिदगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा नगर भवन में कोरोना जांच की व्यवस्था की गयी है कोरोना जांच में लगे आईटी के हेड युवराज लाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन बुकिंग कर अपनी जांच करवा सकता है

केन्द्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से परीक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी की है

इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीडभाड वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविन्दर सिंह चर्चा में भाग लेंगे

भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन के साथ समझौता किया है

चतरा के टंडवा प्रखंड में एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा क्षेत्र से बाहर रैयती भूमि पर बने घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में उपायुक्त दिव्यांशू झा ने संज्ञान लिया है उपायुक्त ने मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की बात कही है जैसा कि आपको मालूम है एनटीपीसी द्वारा राहम गांव में पिछले दिनों बुलडोजर चलाये जाने के बाद रैयतों ने जांच की मांग की हैं मेदिनीनगर समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में महिला बाल विकास एवम सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि तेजस्विनी परियोजना किशोरियों और युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है उन्होंने सभी प्रखंड के समन्वयंक को तेजस्विनी परियोजना के तहत की किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया

वहीं कलस्टर कोऑर्डिनेटर और युवा उत्प्रेरक के पोस्ट को भरने का निर्देश दिया नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके पलामू के दो नक्सलियों के परिवारों को आज जमीन मुहैया करायी गयी उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने समाहरणालय में आत्मसमर्पण कर चुके दोनों नक्सलियों के परिजनों को जमीन बंदोबस्त के कागजात सौंपे जिले के विश्रामपुर के कौडिया निवासी कृष्णा सिंह और नौडीहाबाजार के पाल्हे निवासी राजेंद्र कुमार भुईयां के नाम पर की गयी जमीन की बंदोबस्ती संबंधी कागजात उनके परिजनों को उपलब्ध कराये गये

बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जायेगा

इनमें किशनगंज कटिहार मधेपुरा सुपौल दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं

सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं झारखंड की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में पीठासीन पदाधिकारी की डायरी से मिलान के बाद बेरमो सीट के लिए साठ दशमलव तीन दो प्रतिशत और दुमका के लिए पैंसठ दशमलव छह आठ प्रतिशत मतदान हुए प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दुमका विधानसभा क्षेत्र में एक लाख चौंसठ हजार छह सौ तिरसठ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया वहीं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एक लाख अठासी हजार तीन सौ पच्चीस मतदाताओं ने वोट डाले

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्लीज में पत्रकारों को बताया कि यह परियोजना लंगभग पांच साल में चालू हो जाएगी उन्होंने बताया कि इसके चालू हो जाने से प्रतिवर्ष कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में छह दशमलव एक लाख टन की कमी आएगी उन्होंने बताया कि इस परियोजना से हर वर्ष में सात सौ पचहत्तर करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा आज मंत्रिमंडल की हई बैठक में भारत और इस्राइल के बीच स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई इसके अलावा द्रसंचार के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई हजारीबाग जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थो की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है हजारीबाग रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक अमुल विणुकांत होमकर ने बताया कि अपराध बढ़ने में नशा को एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है

आज सभी थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान करीब दो क्विटल जावा महुआ नष्ट किया है इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रभात क्मार ने बताया कि पिछले चार दिनों से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है जिसमें दर्जनों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुंत दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है समिति द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरे को कम करना शामिल है इन प्रस्तासवों को स्वीमकार किया जाना परमाण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है

घटना के बाद मौके से भाग रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी